त् झारखंड के मारंग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा की जयंती आज सामाजिक संगठनों ने की भारत रत्न देने की मांग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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उदघाटन करेंगे वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्वव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे

भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायू और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में सहायता करेगी

सम्मेलन का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति

अभी तक किसी भी देशने स्ट्रेन को सफलतापूर्वक पृथक करने और इसे विकसित करने की रिपोर्ट नहीं दी है

संस्थान में ब्रिटेन से वापिस आए लोगों के नमूने परीक्षण के लिए लिये गए थे

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने पूणे के भारतीय सीरम संस्थाान द्वारा बनाई जा रही एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड का आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग करने की अनुमति हाल ही में दी है कंपनी ने इसके लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ भी समझौता किया है कोवैक्सीन भारत बायोटेक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा स्वदेश में विकसित पहली वैक्सीन है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल कहा था कि भारत संभवतः ऐसा पहला देश है जहां कोरोना के चार टीके तैयार किये जा रहे हैं केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन की विशेषज्ञ समिति ने अहमदाबाद की कैंडिला हेल्थिकेयर लिमिटेड को भी तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है देश में कोविड का टीका निःशुल्क लगाया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल बताया कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त में लगाया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर देशभर में निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी पहले चरण में एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और दो करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगेगा

राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ समन्वय करते हुए वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है

प्रत्येक जिले में कम से कम तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया जिनमें जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज निजी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण या शहरी संपर्क स्थल शामिल थे

इसके जरिये पर्यावरण के क्षेत्र में आयोजन कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर को विन अप्लीकेशन के इस्तेमाल की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के भी प्रयास किये गये राज्य में कल रांची पलामू चतरा सिमडेगा और पाकुड में कोरोना टीकाकरण का पूर्वभ्यास सफलतापूर्वक संचालित किया गया अब केन्द्र सरकार के निर्देश और वैक्सीन की आपूर्ति के बाद राज्य में टीकाकरण की प्रकिया शुरू कर दी जायेगी रांची के बुंडू को ड्राई रन के लिए चुना गया है

अनुमंडल अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लाभुकों की एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई टीकाकरण की मॉनिटरिंग बुंडू एसडीएम कर रहे थे स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने टीकाकरण का ड्राईरन पूरे होने के बाद कहा कि झारखंड वैक्सीनेशन के लिए अब पूरी तरह तैयार है हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वैक्सीन की आपूर्ति होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जायेगा उन्होंने बताया कि पहले चरण में एक लाख इक्कावन हजार लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है इसमें कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जायेगी

झारखंड आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में इनका बड़ हाथ था

वे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी रहें

उनकी सेवाओं को देखते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस मुबंई के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एण्ड गवर्नेस आदिवासी सामूहिक भारत और जयपाल सिंह फाउंडेशन रांची के तत्वावधान में ऑनलाइन परिचर्चा की गई इसमें उन्हें भारत रत्न देने की मांग की गई है

राज्य में स्वस्थ होने की दर संतानवें दशमलव छह नौ प्रतिशत पहुंच गई है वहीं राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर सोलह सौ चौबीस हो गयी है

कल बीस हजार नौ सौ तिरसठ रोगी कोरोना से मुक्त हए

इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढकर एक करोड़ तीन लाख से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से मरने वालों की दर एक दशमलव चार प्रतिशत है जो विश्व् में सबसे कम है

इस दौरान ट्रेन चलाने से लेकर टिकट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई थी पहले दिन रांची से लगभग सौ यात्रियों ने सफर किया सांसद संजय सेठ ने महिला कर्मचारियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया रांची रेल मंडल से कल रांची लोहरदगा ट्रेन परिचालन के साथ हटिया टाटा पैसेंजर और हटिया राउरकेला पैसेंजर का परिचालन भी शुरू हुआ रांची रेलमंडल के डीआरएम नीरज अंबष्ट ने कहा है कि आने वाले दिनों में पांच अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जायेगा

ऐसा नहीं होने पर मोर्चा कार्यकर्ता पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे श्री बाउरी राजधानी स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे

उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार इसको फ्लैगशिप योजना बनाती है तो झारखंड के करीब चौदह लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा

इस संबंध में जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मैट्रिक और इंटरमिडियट परीक्षा के लिए सिलेबस में चालीस फीसदी कटौती की गई है

जैक द्वारा पांच बोर्ड आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं की परीक्षा ली जाती है इन परीक्षाओं के आयोजन की तिथि का निर्णय कल होने वाली बैठक में लिया जायेगा

इस परीक्षा में जमशेदपुर के आदित्य कुमार सिन्हा ने सबसे अधिक अंक प्राप्त कर स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है आदित्य ने निन्यानब्बे दशमलव नौ सात प्रतिशत अंक प्राप्त किया है वहीं अंकित राज ने निन्यानब्बे दशमलव नौ छह प्रतिशत अंक प्राप्त कर राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है कैट परीक्षा के लिए रांची जमशेदप्र धनबाद बोकारो और हजारीबाग में केंद्र बनाया गया था इसमें झारखंड के करीब पांच हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे परिणाम जारी होने के बाद अब चयनित विद्यार्थी अलग अलग भारतीय प्रबंध संस्थान की ओर से आयोजित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं